उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के उपयोग से वित्तीय साक्षरता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है देश में वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता से विकास कार्य को नये आयाम मिलेंगे साथ ही सरकारी योजनायें सुचारू रूप से चल सकेंगी राज्यपाल आज लखनऊ में वित्तीय साक्षरता द्वारा वित्तीय समावेश विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने युवाओं का आहवान किया कि वह स्वयं में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा जगायें क्योंकि सीखने की इच्छा रखने वाला ही आगे बढ़ता है इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के सम्मान का ख्याल रखा इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों के परिजनों को अंगवस्त्रम् और तामपत्र देकर सम्मानित किया इसके अलावा उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मान से नवाज़ा कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना स्थानीय विधायक वीर विक्रम सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित राज्यपालों की समिति ने कल अपनी रिपोर्ट साँप दी इस समिति का गठन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और खारे पानी समेत विभिन्न चुनौतियों पर विचार करते हुए समिति ने इक्कीस प्रमुख सिफारिशें दी हैं हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि कमेटी ने बड़ी जोत वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पांच से घटाकर ढ़ाई फीसदी करने का सुझाव दिया है एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव के तहत मनरेगा स्कीम को क्रषि कार्यों से जोड़ने की सिफारिश की गई है क्योंकि इस योजना के चलते खेती के कामों में मजदूरों की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ रहा था कमिटी ने महिलाओं को खेती से जुड़े कार्यो में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कृषि शिकायत निवारण सेल के गठन का भी सुझाव दिया गया है

आकाशवाणी से बातचीत में श्री चौधरी नेकहा कि उपमोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में ये कानून बहत उपयोगी होगा केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के अनुपालन के लिए दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल फोन के मौजूदा और नए कनेक्शन पाने वाले उपमोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होनेसे निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे यह इस रेडियो कार्यक्रम की उन्चासवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं पांच दिन का पूर्वोत्तर उत्सव आज से नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हो रहा है इस उत्सव का आयोजन पूर्वोत्तर परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया है कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की विविध संस्कृति और विरासत को दर्शाना है पांच दिनों के उत्सव के दौरान पूर्वोत्तर भारत की कला हस्तशिल्प हथकरघा खान पान और पर्यटन क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा इसके अलावा लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों के बुनकरों के कौशल और उनके रचनाओं को भी देखने का मौका मिलेगा इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा इस उत्सव में लोगों को प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा अलीगढ़ जिले के टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि बारह अन्य लोग घायल हो गये घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है